नई गाईडलाईन के मुताबिक प्रदेश को ग्रीन ओरेंज और रेड जोन में बाटा गया है

घरेलु और अंतर्राष्ट्रीय उडान रेल मैट्रो और अंतर्राज्यीय बस सेवाएं बंद रहेगी सभी शिक्षण संस्थान सिनेमा हॉल और पूजा स्थल और सभी सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे इमरजेंसी सेवाएं इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगी विशेष परिस्थितियों में आमजन संबंधित जिला प्रशासन से पास बनवाकर आ जा सकेंगे फिलहाल राज्य के आठ जिले जयपुर जोधपुर कोटा अजमेर भरतपुर नागौर बांसवाडा और झालावाड़ रेड जोन में है जहां पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां चालू रहेंगी इन क्षेत्रों में नाई की दुकान स्पा और सैलून खोलने की अनुमति नहीं होगी

यहां साईकिल रिक्शा ऑटोरिक्शा टैक्सी और कैब के संचालन पर रोक रहेगी भारतीय वायुसेना के हैलीकाप्टर कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के सम्मान में आज सुबह जयपुर के एसएमएस हास्पिटल और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पर फूलों की वर्षा करेंगे सशस्त्र बलों की ओर से कोरोना वॉरियर्स के साथ सैनिकों की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आज कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना योद्वाओं का आभार व्यक्त करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सशस्त्र सेनाओं को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी एक ट्वीट में सेना के इन प्रयासों की सराहना की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों और श्रमिकों के लिए क्वारेंटीन की व्यवस्था की है लेकिन जो व्यक्ति उसका उपयोग नहीं करना चाहते वे आवश्यक रूप से अपने घर में होम क्वारेंटाइन में रहें इस बीच राज्य में रह रहे दूसरे राज्यों के मजदूरों और प्रवासियों को उनके गृह राज्यों में भेजने का काम जारी है जैसलमेर के जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले से कल शाम तक पैंतीस हजार प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह क्षेत्र भेजा जा चुका है

वहीं अन्य राज्यों में रह रहे राजस्थान के श्रमिकों के भी आने का सिलसिला जारी है

रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों तीर्थयात्रियों पर्यटकों छात्रों और अन्य फंसे हुए लोगों को लाने के लिए चलाई जा रही कुछ ट्रेनें राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलाई जा रही हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक में वित्तीय क्षेत्र और आर्थिक वृद्धि को बढावा देने के उपायों पर विचार विमर्श किया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

इस बीच प्रदेश में अब तक एक हजार दो सौ बयालीस लोगों को कोरोना संकमण से मुक्ति मिल चुकी है वहीं आठ सौ पच्चीस लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छ्ट्टी दे दी गयी है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केन्द्र सरकार कोरोना संकमण के निवारण नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्यों के साथ मिलकर कई कदम उठा रही है

रजिस्ट्रार प्रशासन ने यह अधिसूचना सामान्य परिस्थितियों के लिए जारी की है लेकिन लॉकडाउन जारी रहने तक वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की मौजूदा व्यवस्था ही कायम रहेगी

सुनवाई की प्रक्रिया व मामले सूचीबद्द करवाने की व्यवस्था पूर्ववत ही रहेगी करौली जिले के हिण्डौन उपखण्ड के इब्राहिमपुर गांव के जवान जोगेन्द्र सिंह कल जम्मूकश्मीर के तंगधार में आतंकियों से मुठभेड में शहीद हो गए

पुलिस ने इस मामले में तीन युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमें दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है